हरियाणा को तबलीगी जमातियों के आवागमन वाले पांच गांवों को सील किया गया

श्री मोदी ने कहा कि इस महामारी के खिलाफ भारत के प्रयासों ने विश्व के लिए एक मिसाल कायम की है उन्होंने कहा कि भारत ने एक के बाद दुसरा कदम उठाया है और यह सुनिश्चित किया है कि सभी प्रयास निचले स्तर तक पहंचने चाहिए

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युदव लम्बा है लेकिन भारत थक हार कर नहीं बैठेगा प्रधानमंत्री ने मौजूदा हालात से निपटने के लिए भारतीयों दवारा दिखाई जा रही परिवक्ता की सराहना की और इसे बेमिसाल बताया

उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग और हर उम्र के लोगों ने कोरोना वायरस के खिलाफ एकता और मजबूती का प्रदर्शनकिया श्री मोदी ने कहा कि बीजेपी शुरू से ही राष्ट्र को प्राथमिकता दिये जाने का मंत्र सिखाती रही है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को पांच निवेदन किये

उन्होंने यह भी अपील की कि म्शकिल की इस घड़ी में राष्ट्र की सेवा कर रहे योदवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया जाये उन्होंने कहा कि प्री दुनिया के लिए आज मंत्र सामाजिक दूरी और अन्शासन है डॉ श्यामा प्रसाद म्खर्जी दीन दयाल उपाध्याय और कुशाभाऊ ठाकरे को याद करते हये श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सही मिसाल कायम की और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से काफी कुछ सीखा जा सकता है जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया

उन्होंने केन्द्रीय मंत्रियों को राज्यों में जिला प्रशासन के सम्पर्क में रहने को कहा ताकि किसी मुशकिल स्थिति में मदद उपलब्ध करवाई जा सके उन्होंने मंत्रियों को आरोग्य सेत् एप्प समुद्रधी निचले स्तर तक जागकता लाने की अपील भी की उन्होंने रबी की फस्ल की खरीद के लिए किसानों और मंडियो के बीच सम्पर्क के लिए नई विधियों अपनाने के लिए भी कहा

इस दौरान गृहमंत्रालय की संयुक्त सचिव पृण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि तालाबंदी को प्रभावी ांग से लागू किया जा रहा है उन्होंने कहा कि देश में अवाश्यक वस्त्यें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है

आज नूंह में दो और पलवल में नौ नये मामले सामने आये है जबकि दादरी के पहला पोजिटिव मामला सामने आया है

चरखी दादरी जिले के गांव हिंडोल में निजामुददीन मरकज से लौट एक जमाती के पोजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव के तीन किलोमीटर क्षेत्र को वफर ज़ोन घोषित कर दिया है प्रशासन ने कहा है कि जिले का ये पहला पोजिटिव मामला है उन्होंने बताया कि प्रशासन ने माइक्रो प्लान तैया कर गांव के साथ लगते पूरे क्षेत्र में जांच करने का फैसला किया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रदीप शर्मा ने बताया कि रहमान नामक इस व्यक्ति और इसके परिवार के सदस्यों के नमने लिये गये थे जिसके बाद इस मरीज़ के पोजिटिव होने की प्ष्टि हई आज करनाल के कल्पना चावला चिक्तिसा अस्पताल की छठी मंजिल से कोरोना के रि संदिग्ध मरीज़ की अस्पताल से भागने के प्रयास में खिड़की से गिरने से मौत हो गई

फरीदाबाद के नोवेल कोरोनावायरस से संक्रमित दो मरीज स्वस्थ हो गए हैं तथा पिछले दो दिनों में कोई नया पॉजिटिव मामला भी नहीं आया है

इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा और जिला महामंत्री हरेंद्र मलिक भी मौजूद रहे